यह अध्ययन आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सांझी पहल है जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तकनीकी सहायता के साथ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जायेगा आयुष मंत्री श्रीपद नायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आयुष के सचिव वैद्य राजेश कुटेचा के साथ इस अध्ययन की शुरूआत की

उन्होंने कहा कि मंत्रालय निर्माण कंपनियों के मध्यस्ता सम्बधी मामलों को निपटाने के लिए तय समय से ज्यादा काम कर रहा है

श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि व्यापार में नकदी मे वृद्वि पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उतार चढ़ाव आम बात है मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ऑटो स्क्रैप नीति को जल्दी अंतिम रूप देने को कहा है

उन्होंने ऑटो मोबाइल निर्माण क्षेत्र में नकदी के प्रसार के लिए विदेशी पूंजी सहित सस्ते ऋणों की ओर जाने का सुझाव दिया

यह रेल डिब्बे कोरोना वायरस क कम प्रभाव वाले रोगियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल किये जा सकते हे ये रेल डिब्बे उन क्षेत्रों में भी प्रयोग किये जा सकते है जहां मरीज़ों को अलग रखने के लिए राज्यों के पास एकांतवास की अपर्याप्त असुविधा है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला में हंदवाड़ा में शहीद हये मेजर अन्ज सूद के परिवार से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की

इस मौकेपर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता कालका से बीजेपी के पूर्व विधायक लतिका शर्मा और कई अधिकारी भी उनकेसाथ मौजूद रहे परिवार से संवदेना वयक्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्रीने कहा कि मेजर अनुज सूद की शहादत व्यर्थ नहीं जायेगी वहीं शहीद के पिता ब्रिगेडीयर सी के सूद ने मीडिया से कहा कि श्री मनोहर लाल एक आदर्शवादी और आशावादी मुख्यमंत्री है वे शहीद के एि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे वहीं मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेता व पूर्व महानिदेशक हंस राज स्वान के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की

भेजने से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई

हमारे संवाददाता ने बताया कि फरीदाबाद में आज सर्वाधिक छ व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गये है

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं सरसों और चने की खरीद निर्विघ्न जारी है

केन्द्रीय आय्ष मंत्रालय और हरियाणा आय्ष विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्व आय्र्वेद परिषद और अखिल भारतीय विदयार्थी परिषद दवारा कोरोना योदवाओं को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक दवाई संशमणि बटी और षंड गपानीय वितरित की जा रही है विश्व आयुर्वेद परिषद के हरियाणा प्रांत के सह मंत्री डॉ अन् गोयल व डॉ चित्रा ने बताया कि इन दोनों दवाओं के लगभग चार हजार पैकेट वितरित किये जा रहे है इन दवाओं का चर्क संहिता में भी वर्णन है

उधर पलवल से भी हमारे संवाददाता ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा संश मणि बटी की गोलियां व अन् तेल निश्ल्क वितरित किया जा रहा है

आज बूदव पूर्णिमा पूरी क्षद्वा के साथ मनाई जा रही है यमूनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले मे जगह जगह पर तालाबंदी व शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हये भगवान बुद्व को याद किया गया वहीं विधायक घनश्याम दास अरोड़ और नगर निगम के मेंयर मदन चौहान ने प्राचीन बौद्व स्तूप चनेटी की परिक्रमा की उन्होंने स्तूपों पर दीप जलाकर भगवान बुद्व से कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की और कहा कि अगवान बुद्व द्वारा बताये गये रास्ते पर चलने से मानवता का कल्याण होगा फरीदाबाद में भी बीजेपी महिला विंग की पूर्व जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा ने जररूतमंद प्रवासी मज़दूरों को खाना खिलाकर ब्द्व पूर्णिमा मनाई

बापूधाम से पोजिटिव मिले मामलों में बच्चे भी शामिल है